मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रदेश भाजपा गरीबों की मदद के लिए भारत लॉकडाउन के दौरान सेवा योजना करेगी शुरू कांग्रेस ने बनाया आपदा प्रबंधन सैल

इनमें चिकित्सिक पैरा मैडिकल स्टाफ स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा आभार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केन्द्र के वित्तीय राहत कोष पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि यह गरीबों किसानों महिलाओं युवाओं ब्रजुर्गों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए संकट की इस घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी राहत पैकेज प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय देश और लोगों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार की गम्भीरता को दर्शाता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति बनाए रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में आज आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान लोगों को ज़रूरी सामान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों को नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे ज़रूरी चीज़ों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम में गेहूं और चावल सहित अन्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और प्रदेश में भी खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जयराम ठाकुर ने कर्फ्यू में ढील के दौरान सामान खरदीते समय लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का आह्वान भी किया इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला उपायुक्तों के साथ प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए कर्फ्यू से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की

मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों क्षेत्रीय अधिकारियों पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियों में लगे लोगों को भी छूट के दायरे में रखा गया है

इसके लिए उनके पास समकक्ष या एनालॉग पद पर काम करने का अनुभव और इन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता व क्वालिफाइंग सेवा होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आज शिमला से जारी आदेश के अनुसार यह प्रस्ताव पूरी तरह से अस्थायी आधार पर एक स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में है और बिना किसी नोटिस दिए या बिना किसी कारण बताए समाप्त या वापिस लिया जा सकता है यह प्रस्ताव इस वर्ष पहली अप्रैल से अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा

इनमें स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ आरके दरोच खंड चिकित्सा अधिकारी किलाड़ डॉ मोहिंद्र सिंह तथा खंड चिकित्सा अधिकारी गोपालपुर डॉ सुभाष शर्मा शामिल हैं

आवश्यक व आपातकाल सेवा से संबंधित कार्यालयों को इससे बाहर रखा गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान की ओर से जारी आदेशों में कर्मचारियों को अपने घरों में रहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग गाईडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है साथ ही कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट नोटिस में सेवा के लिए उपलब्ध रहने को भी कहा गया है बिंदल प्रदेश में कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय गरीब और अभावग्रस्त परिवार को राशन की आपूर्ति के उद्देश्य से भाजपा ने संगठन स्तर पर भारत लॉकडाऊन के दौरान सेवा योजना तैयार की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार हर परिवार को राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में जुटी है और संगठन भी इस कार्य में सहयोग करने का प्रयास करेगा

इस बीच राजीव बिंदल ने आज जगत प्रकाश नड्डा से वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने प्रत्येक कार्यकर्ता से संकट की इस घड़ी में मोदी किट के ज़रिए ज़रूरतमंदों तक आवश्यक राशन पहुंचाने का आग्रह किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से चिकित्सकों और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने प्रदेश व प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध करने का भी सरकार से आग्रह किया है इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने लोगों की सहायता के लिए आपदा प्रबंधन सैल हैल्प डैस्क का गठन किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव हरिकृष्ण हिमराल को सैल का समन्वयक जबकि ज़िला व ब्लॉक अध्यक्ष इसके सदस्य बनाए गए हैं

यह राशन कुल्लू व भुंतर तथा आस पास के क्षेत्रों में कर्फ्यू के कारण मजदूरी न कर पाने वाले मजदूरों को दिया जा रहा है गोविंद ठाकुर ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना की है उन्होंने कहा कि इनमें अधिकांश परिवार प्रवासी हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए यहां आए हैं और समय पर राशन देने की पहल उनके लिए बड़ी राहत का काम करेगी त्रिलोक कपूर भाजपा के प्रदेश महामंत्री व वूल फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने घुमंत्र भेड़ पालकों को प्रदेश में लागू कर्फ्यू से बाहर रखने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भेड़ पालकों के जनजीवन को समझते हुए उनके आवागमन को लेकर संबंधित प्रशासन को तुरंत आदेश दिए हैं त्रिलोक कपूर ने भेड़ पालकों को भेड़ बकरियों के डेरे तक जाने के लिए यात्रा पास के रूप में अनुमति देने का भी सरकार से आग्रह किया है

सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस दलों ने जगह जगह नाके लगाए तथा दिन भर जवान गश्त करते रहे

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति जिले में कर्फ्यू व लॉक डाउन के दौरान बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने के लिये सीमित लेबर व मशीनरी लगाई गई है उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने बताया कि लाहौल घाटी में आटा मास्क व सेनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की थोड़ी कमी को देखते हुए इन्हें निर्माणाधीन अटल टनल से लाने की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि डिपुओं में डेढ़ माह का राशन भण्डारण है और कुछ आवश्यक वस्तुएं भी मंगवाई गई हैं